राष्ट्र कल बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द देश के बहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद शाम सात बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे यह संदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और चैनलों से हिन्दी और अंग्रेजी में बारी बारी से प्रसारित किया जाएगा बाद में द्रदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर इसका प्रसारण प्रादेशिक भाषाओं में किया जाएगा आकाशवाणी के दरभंगा कोन्द्र से राष्ट्रपति के संदेश के मैथिली भाषा में अनुवाद का प्रसारण शाम आठ बजे से किया जाएगा राष्ट्र कल बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली में ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह में सुबह नौ बजे झंडोत्तोलन करेंगे इधर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पटना समेत पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं पटना के गांधी मैदान में छत्तीस सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं हरेक प्रवेश द्वार पर आगंतुकों को कड़ी जांच के बाद मैदान में प्रवेश दिया जायेगा समारोह को देखते हुए पटना की यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है नेपाल से लगे सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा सघन गश्ती अभियान चलाया जा रहा है केन्द्र सरकार ने सभी नागरिकों से प्लास्टिक से बने तिरंगे का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भी इसे सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया है इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के चौदह पुलिसकर्मियों को प्रलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गयी है केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उल्लेखनीय सेवा के लिए पटना में पदस्थापित दारोगा बीएन मिश्रा को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जायेगा वहीं मुजफ्फरपुर रेल एसपी संजय कुमार सिंह और आर्थिक अपराध इकाई में पदस्थापित एडिशनल एसपी सुशील कुमार समेत बारह पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल दिया जायेगा इसके अलावा बहादुरी के लिए पुलिस पदक सब इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा को प्रदान किया जायेगा प्रसार भारती ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे ऑनलाइन प्रसारण के लिए गूगल और यू ट्यूब के साथ करार किया है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने बताया कि लाइव स्ट्रीम विंडो गूगल के होम पेज पर दिखाई देगा ताकि लोगों को यू ट्यूब चैनल पर जाने के लिए कोई अलग लिंक न ढूंढना पड़े गया शहर में स्थानीय लोगों ने देश प्रेम की भावना का प्रसार करने के लिए आज आठ सौ मीटर लंबा तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली इस दौरान लोगों के बीच पन्द्रह हजार छोटे तिरंगे बांटे गये सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश की बालिका गुहों के सामाजिक अंकेक्षण से जुड़ी टीआईएसएस की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड को लेकर आज सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह निर्देश दिया वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि अभी यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसा करने पर अपराधी सतर्क हो जायेंगे न्यायालय ने केन्द्र सरकार को भी कड़ी फटकार लगाते हुए बाल संरक्षण नीति तैयार करने का निर्देश दिया है पटना के सचिवालय थाना इलाके में आज तड़के अपराधियों ने सरकारी आवास में घूस कर सचिवालय के योजना और विकास विभाग के अवर सचिव राजीव कुमार की हत्या कर दी इस मामले में सचिवालय थानाध्यक्ष राकेश भास्कर को निलंबित कर दिया गया है वहीं गश्ती दल में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिये हैं सचिवालय सेवा संघ ने मृतक के निकटतम आश्रित को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की राज्य सरकार से मांग की है संघ ने मामले की स्पीडी ट्रायल की भी मांग की है पटना के राजीव नगर स्थित आसरा गृह में दो महिलाओं की हुई मौत के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने आज संचालिका मनीषा दयाल के बोरिंग कैनाल रोड स्थित आवास पर छापेमारी की छापेमारी के दौरान टीम ने मनीषा दयाल के परिजनों और उसके पड़ोसियों से पूछताछ भी की है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किये हैं गौरतलब है कि इस मामले में मनीषा दयाल और उनके सहयोगी चिरंतन कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है वैशाली जिले के हाजीप्र स्थित महिला अल्पावास गुह में रह रही लड़कियों के साथ छेड़खानी के आरोप में जिला परियोजना प्रबंधक मनमोहन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है जिलाधिकारी राजीव रौशन ने इस मामले की जांच के लिए गठित कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है पिछले बीस जुलाई को अल्पावास गृह में रह रही लड़कियों ने डीपीएम पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था प्रदेश में छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को मुफ्त में नौ किलो चावल और छह किलो गेहूँ देने की योजना आज से शुरू हो गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में छात्रावास अनुदान योजना की शुरूआत करते हुए कहा कि छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को बैंक खाते के जरिये एक हजार रूपये प्रतिमाह भूगतान किया जायेगा पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से चौदह लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि चांदमारी इलाके में मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया इधर शेखप्रा के बरबीघा थाना चौक के पास अपराधियों ने एक बीएसएफ जवान से एक लाख इकहत्तर हजार रूपये लूट लिये जमुई जिले के चन्द्रमंडी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी माओवादी के उग्रवादियों ने आज दिन दहाड़े एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जनदाहा प्रखंड के प्रमुख मनीष सहनी की हत्या की तेजी से जांच हो रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है इधर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी श्री कुशवाहा ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी चिंताजनक है अपराधियों के हौसले बुलंद हो गये हैं प्रदेश के जेलों में पिछले दिनों हुई छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामान मिलने के मामले में राज्य सरकार ने मुंगेर मंडल कारा के सहायक जेल अधीक्षक निर्मल कुमार प्रभात मधुबनी के दिनेश ठाकुर और बेतिया के मिथिलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शिक्षक संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वेतन शिक्षकों का मौलिक अधिकार है और उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार से पूछा कि क्या नियोजित शिक्षक टीईटी पास हैं इसपर शिक्षक संगठनों की ओर से बताया गया कि परीक्षा ली गयी थी लेकिन यह नियोजन के लिए नहीं बल्कि वेतन वृद्धि के लिए थी मामले की अगली सुनवाई सोलह अगस्त को होगी रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दो पर आज सड़क हादसे में चार कांवरियों की मौत हो गयी तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये खगड़िया में पिछले दिनों आनंदप्र मारन पंचायत के पूर्व मुखिया की हत्या के मामले में एसआईटी ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है भागलपुर में पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर बड़ी संख्या में निर्मित और अर्द्वनिर्मित हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है सासाराम स्थित शेरशाह मकबरा परिसर से एक बैग से पिस्टल बरामद की गयी है प्रलिस ने बैग को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है सुपौल जिले के वीरपुर स्थित कोसी क्लब के पास दो गुटों के बीच हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है

राष्ट्र कल बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा